कोरोना प्रोटोकोल की अनुपालना के साथ राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थल आज खोले गए

इसी के साथ सम्बन्धित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं

इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटवाया या नाम में संशोधन भी कराया जा सकता है

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के नौजवानों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बन पाएगी श्री मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि नई नीति पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगा

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की उम्मीदों को पूरी करने का विशेष माध्यम बनेगी राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी तथा वर्तमान की चुनौतियों को अवसर में बदल कर भविष्य की आशंकाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेगी राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में सभी स्तरों पर नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में योजना बनाकर केन्द्र द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य शुरू कर दिया गया है

इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण पत्रिका समाचार पत्र समूह द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर किया गया है प्रधानमंत्री इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखी गई दो पुस्तकों का विमोचन भी करेगें इस कार्यक्रम का डीडी न्यूज पर सजीव प्रसारण किया जाएगा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

पोषण माह का उद्देश्य छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने और सभी के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है

सभी मंदिरों में कोरोना प्रोटोकोल की अनुपालना की जा रही है करौली जिले के कैलादेवी और मदनमोहन जी मंदिर और बांसवाड़ा के त्रिपूर सुन्दरी मंदिर आज खुल गये हैं झालावाड़ जिले के झालरापाटन में द्वारकाधीश मंदिर और सूर्य मन्दिर में और भरतपुर के बिहारीजी और गंगा मंदिर में श्रद्धालुओं को कोरोना दिशा निर्देशों की पालना करते हुए दर्शन कराए जा रहे अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह और पुष्कर के मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खोल ँदिए गए है दरगाह में सुबह पांच बजे आस्ताना खुलने के साथ ही जियारत के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था दरगाह कमेटी और अंजुमन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का बंदोबस्त किया गया

यहां भी प्रसाद और माला चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी

राजधानी जयपुर के गोविन्द देवजी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर अभी श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोले गए है इसी तरह सवाईमाघोपुर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर और राजसमन्द जिले के नाथद्वारा का श्रीनाथजी मंदिर अभी नहीं खुले है

वहीं पॉजेटिविटी प्रतिशत भी कम है

इस बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जनजागरूकता के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने आज अलवर अजमेर और जोधपूर के लिए मोबाईल प्रचार प्रसार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

श्री नेहरा ने निर्देश दिए कि कोविड के कारण होने वाली मृत्यू में देह के निस्तारण में कोविड संबंधी समी प्रोटोकोल की पालना सुनिश्चित की जाये साथ ही प्रयास किए जाये कि अंतिम संस्कार में ज्यादा समय न लगे उन्होंने इस कार्य के लिए अतिरिक्त वाहनों के प्रबन्ध के भी निर्देश दिए

राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर श्री पायलट को बधाई दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर श्री पायलट को बधाई दी और उनकी लम्बी उम्र की कामना की

आज जयपुर और सवाईमाधोपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई बुंदी जिले में भी विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई है